उन्होंने कहा कि मामलों के लंम्बित होने का कारण फैसले में देरी प्रथम बार दायर याचिकाओं का संचय और लम्बी अवधि का अवकाश है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चार नगर निगमों के मेयर पद के सीधे करवाये गये चूनावों की तर्ज पर अब नगर परिषदों व नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के च्नाव भी सीधे करवाने का प्रस्ताव तैयार किया है

हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सेकेंडरी स्कूलों में स्थापित किये गये एज्सेट सिस्टम को सही ढंग से प्रयोग करने के लिये सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेगी सरकार ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कोई कमी नहीं है

कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा में ये जानकारी दी

उन्होंने स्पष्ट कि मामलों में फैसलों में देरी का कारण न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी नहीं है बल्कि और विभिन्न मुद्दे जैसे कि राज्य और केन्द्रीय विधान में बढ़ोतरी पहली बार सुनवाई का संचय बार बार कार्य स्थगन और लंबी अवधि का अवकाश भी शामिल है मंत्री ने बताया कि मुख्य न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या बढ़ाने और साथ ही न्यायधीशों की सेवा निवृति की आय् बढ़ाने के लिये प्रस्ताव भेजा है उन्होंने बताया कि क्छ अदालतों में लंम्बित मामलों में कीम लाने के लिये मामलों को प्रबंधन न्यायधीशो की निय्क्ति में जिम्मेदारी तय करने अदालत की जिम्मेदारी तय करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसे अन्य उपायों के साथ इन प्रस्तावों पर गौर करने की जरूरत है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नगर निगमों के मेयर पद के सीधे करवाए गए च्नावों की तर्ज पर अब नगर परिषदों व नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के च्नाव भी सीधे करवाने का प्रस्ताव तैयार किया है इसके अलावा जिला परिषदों व नगर निगम के सदस्यों के लिए विधानसभा की तर्ज पर हर तीन महीने बाद तीन दिन का सत्र ब्लाने को भी म्ख्यमंत्री ने सैद्घांतिक स्वीकृति प्रदान की है यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने चंडीगढ़ में दी

उन्होंने बताया कि एक दिन में म्ख्यमंत्री छ विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे

एसवाईएल मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल दिए गए दिशा निर्देशों के बारे पूछे जाने पर श्री बेदी ने कहा कि अब पंजाब व हरियाणा के म्ख्यमंत्री व अधिकारी या केन्द्र सरकार के अधिकारी संय्क्त रूप से मिलकर बैठक कर न्यायायलय के आदेशों पर चर्चा करेंगे मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले के बारे पूछे जाने पर श्री बेदी ने कहा कि म्ख्यमंत्री ने स्वयं इस मामले पर संज्ञान लिया है और हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो को इसकी जांच सौंपी जा चुकी है जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्यों का पता चल पाएगा सपना चौधरी के पार्टी में शामिल होने पर जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला दवारा की गई टिप्पणी पर प्रछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री बेदी ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है

मानव संसाधन विकास मंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में पांच वर्षीय विज़न दस्तावेज़ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हये कहा कि शिक्षा नये भारत के निर्माण की नींव है जो सशक्त सक्षम और समृद्व है

दूर संचार और सूचना मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस उद्देश्य के लिये दूर संचार विभाग दूर संचार सेवा प्रदाता सहित असली उपकरण निर्माता स्टार्टअप स्थानीय विक्रेता के साथ मिल कर काम कर रहा है

हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सैकेंडरी स्कूलों में स्थापित किए गए एज्सेट सिस्टम को सही ढंग से प्रयोग करने के लिये सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेगी

पंचकूला में हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री डा बनवारी लाल ने राज्य स्तरीय प्रस्कार वितरण समारोह में कहा कि प्रदेश में सौर उर्जा को बढावा देने के लिये प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है

सरकार को सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक हित में सत्य निष्ठा में कमी और निश्क्रियता के कारण समय से पहले सेवा निवृत करने का प्रा अधिकार है लोकसभा में एक लिखित उतर में कर्मचारी लोक शिकायत और राज्य मंत्री डा जितेन्द्र सिह ने बताया कि अन्शासनात्मक नियमों के अन्सार सरकार को म्हैया सब्तों के आधार पर भ्रष्टाचार अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही करने का अधिकार है

हरियाणा के स्वास्थ्य व खेल मंत्री अनिल विज ने आज पंचकूला में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की बाद में मीडियासे रूबरू होते हये अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरह काम करती है कार्यकर्ताओं को जो काम दिया जाता है वे पूरी तरह करते है जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला द्वारा सपना चौधरी पर टिप्पणी करने पर श्री विज ने कहा कि नृत्य सपना चौधरी का निजी मामला है